मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबी अफसरों पर आयकर विभाग के छापे

तीन दिनों तक चलने वाले इस अभियान के तहत आशा कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर बच्चों को पोलिया की खुराक पिलाई

शहडोल जिले में करीब डेढ़ लाख बच्चों को पोलियोरोधी दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया आगरमालवा जिले में पोलियोरोधी दवा पिलाई गई

पन्ना उमरिया झाबुआगुना रायसेनभिण्ड मुरैना सागर अनूपपुर बैतूल मंडला सहित विभिन्न जिलों से पोलियो रोधी दवा पिलाने के समाचार मिले हैं

ये छापेमारी हवाला के जरिए धन के लेन देन के सिलसिले में की गई है

दूसरी ओर श्री मिगलानी ने कमलनाथ के गृह जिले छिंदवाड़ा में चुनावी प्रबंधन के लिए हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया था इन अधिकारियों के अलावा कोलकाता के एक व्यापारी पारसलाल लोढ़ा के ठिकानों पर भी छापा मारा गया है जिसमें कई तरह के दस्तावेज बरामद किये गये इस बारे में अपनी प्रतिकिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग की अध्यक्ष शोभा ओझा ने कहा है कि चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी की छबि खराब करने और राजनीतिक दवाब बनाने का यह असफल प्रयास है मोदी चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के कूच बिहार शहर के रासलीला मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया उन्होंने कहा कि यहां उपस्थित जनसमुदाय का भाजपा से अटूट प्रेम इस बात का प्रतीक हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में दीदी की हार निश्चित है उन्होंने तृणमूल कांग्रेस प्रमुख पर निशाना साधते हुये कहा कि राज्य के लोगों ने सुश्री बनर्जी से मुक्त होने की प्रतिज्ञा ली है

इसी कड़ी में आज भोपाल में जिला प्रशासन द्वारा वोट क्लब पर वॉक फार डेमोकेसी कार्यक्रम का आयोजन किया गया कार्यक्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी सुदाम खाड़े सहित नागरिकों ने अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने का संकल्प लिया भोपाल जिले में मतदाता जागरुकता अभियान से सिविल सेवा परीक्षा में टॉपर सृष्टि जयंत देशमुख एवं गायिका आकृति मेहरा को भी जोड़ा गया है बैतूल जिले में मतदाता जागरुकता के लिए रन फार वोट का आयोजन किया गया इसमें अधिकारी कर्मचारियों के साथ ही बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लिया शिवपुरी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि अनुसूचति जाति जनजाति विभाग के छात्रावास एवं आसपास की बस्तियों में भी मतदाता जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है झाबुआ जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान चलाया जा रहा है भिण्ड मुरैना सागर बैतूल सहित विभिन्न जिलों से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के समाचार मिले हैं भिण्ड चुनाव लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कल भिण्ड जिला पंचायत सभागर में चंबल कमिश्नर डॉक्टर एम के अग्रवाल और आईजी योगेश देशमुख ने प्रशासन एवं पुलिस के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली

मतदाताओं को चुनाव आयोग द्वारा चिन्हित दस्तावेजों में से एक दस्तावेज के माध्यम से वोट डालने की सुविधा मुहैया कराई जाए बैठक के दौरान संभागायुक्त ने कहा कि विधानसभा चुनाव की तरह पिंकब्थ बनाने की अधिक से अधिक व्यवस्था की जाए दिव्यांग मतदाताओं को लाने ले जाने के लिए उनको अटेंडर के माध्यम से वोट डालने के प्रबंध किए जाएं उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों पर रैंप की व्यवस्था सहित पेयजल छाया शौचालय की व्यवस्थाओं को प्रभावी बनाया जाए आकाशवाणी कार्यशाला लोकसभा चुनाव के मददेनजर आकाशवाणी भोपाल के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा कल प्रदेशभर के आकाशवाणी के समाचार संवाददाताओं की एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसन्धान संस्थान भोपाल के मणि सभागार में आयोजित होने वाली इस कार्यशाला का उद्देश्य संवाददाताओं को लोकसभा चुनाव की निष्पक्ष संतुलित और सटीक कवरेज के लिए आवश्यक कदमों की जानकारी देना है कार्यशाला में मध्यप्रदेश के संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजेश कुमार कोल चुनाव प्रक्रिया की जानकारी देंगे वहीं जनसंपर्क आयुक्त पी नरहरि उन्हें सरकारी संपर्क माध्यमों की उपयोगिता से रूबरू कराएँगे कार्यशाला के द्वितीय सत्र में वरिष्ठ पत्रकार विजयदत्त श्रीधर पद्मश्री चुनाव में आंचलिक पत्रकारों की भूमिका पर प्रकाश डालेंगे इसके अलावा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे कमलनाथ दौरा मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज होशंगाबाद जिले के इटारसी के समीप आगजनी से प्रभावित गांवों का दौरा किया उन्होंने आगजनी से प्रभावित परिवारजनों से मुलाकात की उन्होंने मृतकों के प्रति शोक जताया श्री कमलनाथ ने ग्राम पांजराकला रेशलपुर और निटाया गांव में आगजनी से प्रभावित खेतों का जायजा लिया उन्होंने प्रभावितों को हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया है इसके पहले कल पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी होशंगाबाद जिले में पहुंचकर आगजनी से प्रभावित किसानों से मुलाकात की थी

बाबूलाल गौर वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर की कल शाम अचानक तबियत बिगड़ गई उन्हें बोलने में तकलीफ की वजह से भोपाल के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है बताया जा रहा है कि सिर में ब्लड क्लाट आ जाने से श्री गौर को परेशानी हुई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए अनेक जनप्रतिनिधि अस्पताल पहुंचे

इसके अलावा श्री गौर कई विभागों के मंत्री भी रहे हैं

निलम्बित अवधि में इन कर्मचारियों का मुख्यालय कार्यालय सहायक आयुक्त जनजातीय विकास अनूपपुर नियत किया गया है